प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच टैलीमैडिसन सेंटर खोलेगी सरकार शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के निजी पशुओं की टैंगिंग युद्धस्तर पर करने के पशुपालन विभाग को निर्देश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

मुख्यमंत्री ने राज्य में इलैक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण हब स्थापित करने के लिए रेल मंत्री को एक प्रस्ताव सौंपा प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में देश की चीन पर बहुत अधिक निर्भरता है और इस पार्क के स्थापना से भारत स्वदेशी इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कर सकेगा जिससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिस्पर्धी दरों पर भूमि और बिजली उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का भी पीयूष गोयल से आग्रह किया उन्होंने कहा कि दवाईयों और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए हिमाचल की जलवायु अत्यधिक अनुकूल है उन्होंने प्रदेश में विद्युत उत्पादन वितरण और प्रेशण उपकरण निर्माण हब स्थापित करने का भी केन्द्र से आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी भेंट की वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पांच टेलीमैडिसन सेंटर खोलेगी इनमें से एक सेंटर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में खोला जाएगा इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में एक बयान में कहा कि ये सभी टेलीमैडिसन केन्द्र ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से खोले जाएंगे उन्होंने थानाकलां में ही आज एक कार्यक्रम में दिवंगत लेफिटनेंट जनरल एसएस पटियाल को भी श्रद्वांजलि अर्पित की सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसी के चलते शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना की मांग में वृद्वि हुई है सुरेश भारद्वाज आज नगर परिषद बददी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को विकास योजनाओं का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बद्दी में शीघ्र ही सामुदायिक हॉल ओपन जिम सड़क सामुदायिक रसोईघर और पार्क का निर्माण कार्य किया जाएगा गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू ज़िला में स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत करने पर बल दिया जा रहा है गोविंद सिंह ठाकुर सारी भेखली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के वर्चुअल लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे इस स्वास्थ्य केन्द्र का स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया गोविंद ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि ज़िले में विकास कार्यो के लिए धन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कृछ निर्माण क्षेत्रों में विलम्ब होना स्वभाविक था लेकिन अब निर्माण कार्यों ने रफतार पकड़ ली है

पठानिया ने इस मौके पर कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के हर खेत तक पानी पहुंचाना उनका सपना है इसके लिए पंचायतों में विश्व बैंक के सहयोग से चैक डैम का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो को पूरा करने में धन की कमी आढ़े नहीं आएगी पठानिया ने अधिकारियों को सभी कार्यो को निर्घारित समय अवधि के भीतर प्ररा करने और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के भी निर्देश दिए टैंगिंग शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निजी गाय और बैलों का टैंगिंग कार्य युद्धस्तर पर किया जाए गोविंद ठाकुर आज मनाली में गौ सदनों की स्थिति को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने लोगों को गौ वंश को बेसहारा न छोड़ने के बारे में जागरूक करने पर भी बल दिया गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ सदनों के निर्माण को लेकर संवेदनशील है उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायतों से भी गौ वंश की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील की भाजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मज़बूत करने के लिए पार्टी ने व्यापक योजना तैयार की है इसके लिए पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम बनाया गया है खन्ना ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि ज़िला के समस्त पदाधिकारी मंडलों का प्रवास करेंगे जबकि मंडलों के पदाधिकारी ग्राम केन्द्रों और ग्राम केन्द्रों की समितियां बृथ स्तर पर प्रवास करेंगी इससे आने वाले समय में पार्टी को बूथ स्तर पर और शक्ति मिलेगी इस प्रवास के दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का घर घर प्रचार करेंगे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने ज़िला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के कार्यक्रमों तथा कार्य प्रगति की देखरेख के लिए मॉनिटरिंग सैल का गठन किया है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि यशपाल तनाईक को इस सैल का प्रभारी नियुक्त किया गया है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बूथ स्तर पर मनाएगी इस दौरान पुष्पांजलि कार्यक्रमों के साथ साथ अटल के अदभुत व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा आयोजित की जाएगी साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी चर्चा होगी

सात लोगों की प्रदेश में आज कोरोना से मौत भी हो गई इनमें से सर्वाधिक तीन मौतें हमीरपुर जिला में हुई जबकि ऊना शिमला सिरमौर और किन्नौर में एक एक कोरोना मरीज की मौत हुई

बैठकें प्रदेश विधानसभा संचिवालय में मानव विकास और ग्रामीण नियोजन समितियों की बैठकें आयोजित की गई मानव विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता सभापति बलवीर वर्मा ने की बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित समिति के द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन पर प्राप्त विभागीय उत्तर और आयुर्वेद वित्त तथा युवा सेवाएं व खेल विभाग से संबंधित आश्वासनों पर प्राप्त विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया गया